आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश पाक्सो अधिनियम को मृत्युदंड के प्रावधान के साथ और सख्त बनाया जाएगा

कई दस्तावेज जब्त प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश से भी प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं खगड़िया और कटिहार में गंगा कोसी महानंदा और बरंडी नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है कोसी नदी के जलस्तर में सत्तर सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गयी है मुजफ्फरपुर में गंडक ब्रूढ़ी गंडक और बागमती नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है इधर औराई प्रखंड के बेनीपुर में बागमती की दक्षिणी उपधारा पर ट्रटे कॉपर बांध की मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है नदियों में बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कई इलाकों में बाढ़ का पानी गांवों में प्रवेश करने लगा है उधर आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय है मौसम विभाग ने कहा है कि चौदह जुलाई तक इसके सक्रिय रहने की संभावना है इस दौरान पटना भागलपुर छपरा मोतिहारी फारबिसगंज और मुजफ्फरपुर के आस पास के इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है केन्द्रीय मौसम विभाग ने भी बिहार समेत कई राज्यों में अगले चौबीस घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इधर मौसम विभाग पटना से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी और आस पास के क्षेत्रों में औसत से अधिक वर्षा रिकार्ड की गयी है पटना में बत्तीस भागलप्र में अटठाईस गया में इक्कीस और पूर्णिया में बीस मिली मीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण के लिए बने पोक्सो अधिनियम दो हजार बारह में संशोधन किए जाने का अनुमोदन कर दिया है कानून के तहत ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड सहित कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान जोड़ा जायेगा संशोधन के तहत बच्चों के अश्लील चित्रण के लिए जुर्माने के साथ कैद की भी सजा का प्रावधान है संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कानून में इस संशोधन से बच्चों के यौन शोषण में कमी आएगी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में वित्तीय मजबूती लाने को वचनबद्ध है केंद्रीय बजट दो हजार उन्नीस बीस पर लोकसभा में बहस का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि बजट में वित्तीय घाटा तीन दशमलव तीन प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है जबकि अंतरिम बजट में यह तीन दशमलव चार प्रतिशत था उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए सार्वजनिक खर्च को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है वित्त मंत्री ने आशा व्यक्त की कि सदन में अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के तहत कर चोरी करने वाली चौबीस कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है उन्होंने पटना में कहा कि इनमें से अधिकांश कंपनियों ने फर्जी कागजात के आधार पर निबंधन करा कर जाली बिल पर आठ सौ चालीस करोड़ बानवे लाख रुपये का कारोबार करके करवंचना की है वित्त मंत्री ने बताया कि राजस्व संग्रह में पिछले वर्ष दो हजार सत्रह अठारह की तुलना में दो हजार अठारह उन्नीस में छब्बीस दशमलव एक सात प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गयी है उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के उनतीस हजार करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करना है उच्चतम न्यायालय रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को जल्द निपटाने के अनुरोध की याचिका पर आज सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे डी वाई चंद्रचूड अशोक भूषण और अब्दुल नजीर की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी यह याचिका अयोध्या भूमि के विवाद में मूल मामला दर्ज करने वालों में से एक गोपाल सिंह विषारद के बेटे राजेन्द्र सिंह ने दायर की है सृजन घोटाला मामले में सीबीआई ने भागलपुर जिले के सभी पूर्व नाजिरों के ठिकानों पर छापेमारी की इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किये गये हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व नाजिरों के खिलाफ छापेमारी अभियान के साथ उनसे पूछताछ भी की जा रही है सीबीआई पूर्व नाजिरों के बैंकिंग लेन देन की भी जांच कर रही है छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों में बैंक खाते जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े कागजात शामिल हैं वन पर्यावरण और जलवायू परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण की नयी योजना लागू की जायेगी उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने और प्रद्रषण को कम करने के लिए सरकार विभिन्न विभागों के बीच समन्वयक के लिए कार्य योजना बना रही है रेलवे आगामी अक्टूबर महीने से ट्रेनों में आरक्षित यात्रा के लिए रोजाना चार लाख से अधिक सीटें बढ़ायेगा इससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना आसान हो जायेगा सूत्रों ने बताया कि रेलवे यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पन्द्रह जुलाई से शुरू होने वाले कौशल महोत्सव से युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे और रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे उन्होंने कहा कि तीन दिनों के इस आयोजन के लिए विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है पटना स्थित विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में एक महिला को दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई पटना जिले के धावा दल ने जिला निबंधन और परामर्श केन्द्र का औचक निरीक्षण किया इस दौरान विभिन्न काउंटरों पर तैनात चौबीस में से ग्यारह कर्मी अनुपस्थित पाये गये जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है पश्चिम चंपारण जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर हथियार के साथ आठ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है दरभंगा जिले में लहरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज मुहल्ले में एक व्यवसायी के मकान से अपराधियों ने डेढ़ लाख नकद समेत बड़ी मात्रा में स्वर्ण आभूषण लूट लिये पटना नगर निगम क्षेत्र में एक हजार कुओं का जीर्णोद्धार किया जायेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार भू जल को रिचार्ज करने को लेकर जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है इसी के तहत इन कुओं के जीर्णोद्वार की योजना है गोपालगंज जेल से एक कैदी के फरार होने के बाद चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है राज्य में खेल प्रशिक्षकों की कमी को देखते हुए खेल विभाग ने एक सौ उनसठ पदों के सृजन का निर्णय लिया है

पटना स्थित पाटलीपुत्र खेल परिसर में आज से छियासठीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैम्पियनशिप की शुरूआत हो रही है चौदह जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट देश भर की शीर्ष टीमें हिस्सा ले रही हैं आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने पेशी के लिए आये बंदी को भगाने की कोशिश में हुई गोलीबारी से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है दानापुर कचहरी में चली गोलियां सिपाही की हत्या इस खबर को अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता दी है दैनिक जागरण ने मौसम की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है पटना सहित कई जिलों में भारी बारिश के आसार प्रभात खबर ने खेल की खबर का शीर्षक बनाया है टॉप आर्डर के बल्लेबाज फेल भारत विश्व कप से बाहर दैनिक भास्कर ने कर्नाटक में राजनीतिक संकट को सुर्खी बनाते हुए लिखा है बागियों को मनाने मुम्बई पहुंचे कांग्रेस नेता हिरासत में लिये गये दो और इस्तीफे

आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश पाक्सो अधिनियम को मृत्युदंड के प्रावधान के साथ और सख्त बनाया जाएगा

कई दस्तावेज जब्त